बहत्तर लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा प्रदेश में प्रवासी कामगारों में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े

राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ सौ तिरपन हुई

आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण दिये बीस लाख करोड रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई श्रमिकों मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा इसके अंतर्गत छह लाख चालीस हजार करोड रुपए के पन्द्रह विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की गयी जो एमएस एमई विद्युत वितरण कंपनियों रियल एस्टेट मध्यम वर्ग करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और बारह महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की है इस ऋण से पैंतालीस लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा

इसमें किसी को भी अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्ष की होगी पहला एक वर्ष उनको जिनके मूल धन का चुकाना नहीं पड़ेगा

बीस हजार करोड रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गूजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष इकतीस मार्च तक घटाकर पच्चीस प्रतिशत कर दिया गया है इस फैंसले से आम लोगों को पचास हजार करोड रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल तीस नवंबर कर दी गई है

वहीं सरकार के चौबीस प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढाया गया है श्रमिकों के वेतन का बारह प्रतिशत ई पी एफ ओ में जमा कराने की अवधि तीन महीने के लिए और बढा दी गई है इससे पहले सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि का मई तक भुगतान किया जाएगा

वित्त राज्य मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे बहत्तर लाख मजदूरों को फायदा होगा

इसका प्रावधान भी जून जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसका लाभ बिहार के लघु और मंझौला औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच हजार दो सौ लघु और मंझौले उद्योग है जिसमें लगभग चौरानवे हजार कर्मचारी कार्यरत हैं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा बदलकर बीस करोड़ रुपये तक के निवेश और एक सौ करोड़ रुपये तक टर्नओवर करने का सर्वाधिक लाभ भी बिहार की एमएसएमई इकाइयों और सेवा क्षेत्र को मिलेगा केन्द्रीय गुह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्थिक पैकेज को समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए यह वरदान साबित होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा और इससे रोजगार के नये नये अवसर सुजित होंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि आर्थिक पैकेज से लोकल ब्रांड के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे घरेलू बाजार मजबूत होगा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद आरसीपी सिंह ने कहा है कि आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि इससे जनता को कोरोना के समय में आर्थिक राहत और मदद भी मिलेगी गृह मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला देशभर में सीएपीएफ की सभी केंटीन में पहली जून से लागू होगा इसके तहत लगभग अट्ठाईस अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ के लगभग दस लाख कर्मियों के पचास लाख परिजन इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे गृहमंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की उन्होंने कहा कि यह पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन दस हजार करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कोविड उन्नीस महामारी को लेकर समीक्षा बैठक में हर जिले में जांच केन्द खोलने का भी निर्देश दिया इधर बिहार लौट रहे प्रवासी कामगारों में संक्रमण की पूष्टि के बाद कोरोना संक्रमण की संख्या में तेजी से उछाल आया है अब तक तीन सौ बत्तीस कामगारों में कोविड उन्नीस की प्रष्टि हुई है इनमें से दो सौ सतहत्तर कामगार ऐसे हैं जो तीन मई के बाद अपने जिलों में लौटे हैं मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों से लौट रहे व्यक्तियों के लिए क्वारेंटीन सेंटरों में नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों की नियमित और योजनावद्व ढंग से जांच की जाए मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार गरीबों को राशन कार्ड फसल क्षति अनुदान का शीघ्र वितरण नए लाभुकों को पेंशन और कोरोना जांच का क्षमता विस्तार करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में चौहत्तर नये मरीजों के मिलने के साथ कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या नौ सौ तिरपन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बुधवार को सत्रह जिलों में चौहत्तर नये मरीज मिले जिसमें पटना के नौ लोग शामिल हैं उन्होंने कहा कि इसके अलावा नवादा से नौ बेगूसराय और भोजपुर में सात सात मुंगेर और भागलपुर से छह छह सीवान और बांका में चार चार खगड़िया रोहतास सुपौल बक्सर और मुजफ्फरपुर में तीन तीन गोपालगंज से दो मधुबनी लखीसराय औरंगाबाद कैमूर और पूर्वी चंपारण में एक एक नये मरीज मिले हैं उन्होंने कहा कि इन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि अब तक तीन सौ छियासी लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अठहत्तर हजार तीन हो गयी है इनमें छब्बीस हजार दो सौ पैंतीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि इस महामारी से दो हजार पांच सौ उनचास लोगों की मृत्यु हुई है वहीं देश के विभिन्न अस्पतालों में उनचास हजार दो सौ उन्नीस लोगों का इलाज चल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब देश में नौ सौ विशेष कोविड चिकित्सालय काम कर रहे हैं इनमें एक लाख अस्सी हजार बैड उपलब्ध हैं इसके अलावा एक लाख उनतीस हजार बैड की सुविधा वाले दो हजार चालीस विशेष कोविड स्वास्थ्य केन्द्र आठ हजार सात सौ आठ क्वारेंटीन केन्द्र और पांच हजार पांच सौ सतहत्तर कोविड देखभाल केन्द्र भी देशभर में कार्य कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी साफ सफाई और खांसते या छींकते समय मुंह पर रूमाल रखने की आदतें अपनाने का सुझाव दिया है बाइट उमा कुमार कफ एटिकेट्स खांसने छिंकने का एक प्रॉपर तरीका समझना और उसको फॉलो करना और ये सव चीजें समझना भी वहुत जरूरी था क्योंकि ये वायरस इंफेक्शन बहुत महीनों तक रहने वाला है जब तक की पॉपुलेशन में हार्ड इम्युनिटी नहीं डेवलप हो जाती या फ़िर कोई वेक्सिन नहीं आ जाती इंफ़ेक्शन की

बाइट रेड्डी अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि वायरस का प्रमाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने लॉक डाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि आज से रेस्टोरेंट खादय सामग्री की होम डिलेवरी कर सकते हैं उन्होंने निबंधित किताबों की दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दे दी है रेलवे ने यात्राओं के लिये बाईस मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है कुछ समय के लिये लोगों को चल रही विशेष ट्रेनों में ये टिकट मान्य होंगे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट कुछ ही दिनों के लिये होंगे इस महीने की बाईस तारीख से शुरू यात्रा के लिये पन्द्रह मई से ब्रक किये गये टिकटों में बदलाव लागू होंगे चूंकि विशेष ट्रेनों के लिये आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है इसलिये यात्री पन्द्रह मई से वेटिंग लिस्ट के लिये टिकट बुक करा सकेंगे इन ट्रेनों में कोई आरएसी टिकट नहीं होगा उधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्नीस मई से घरेलू हवाई यात्रा आंशिक रूप से शुरू करने की कार्ययोजना पर काम कर रहा है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिन्दी के जाने माने साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर नंदकिशोर नवल के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उनके निधन से हिन्दी साहित्य को अप्रणीय क्षति पहुंची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है प्रदेश के अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को भी नियत वेतन की जगह वेतनमान मिलेगा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है यह वेतनमान एक जुलाई दो हजार पन्द्रह से प्रभावी माना जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबारों ने आर्थिक पैकेज के विभिन्न आंकड़ों और घोषणाओं को ग्राफिक्स के रूप में प्रकाशित किया है आर्थिक पैकेज को संजीवनी बताते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है छोटे और मंझौले उद्योगों को आसान कर्ज दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रवासी कामगारों की हो रही योजनाबद्व टेस्टिंग दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार के कारखानों में तीन साल अब आठ नहीं बारह घंटों का शिफ्ट प्रभात खबर की सुर्खी है एसएसबी के जवानों ने बदल दी क्वारेंटीन सेंटर की सूरत दैनिक आज ने लिखा है विधायक की गाड़ी से मिली शराब चार गिरफ्तार

बहत्तर लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा प्रदेश में प्रवासी कामगारों में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े

राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ सौ तिरपन हुई